खेल मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया फीडम रन कल से आज खेल मंत्री करेंगे आयोजन की शुरूआत

प्रदेश में आज सुबह जयपुर दौसा और करौली सहित कई जिलों में हुई बारिश मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कोटा संभाग में भारी बारिश की दी चेतावनी

विभिन्न राजनीतिक दलों ने सत्र को लेकर अपनी रणनीति बना ली है इस बारे में कांग्रेस और भाजपा के विधायक दलों की कल बैठक हुई

इधर कांग्रेस ने विधायंक भंवरलाल शर्मा और विश्वेन्द्र सिंह का निलंबन भी रद्द कर दिया है इधर बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी मामलों में आज राजस्थान हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी कल हुई सुनवाई में अदालत ने कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी थी

देश भर में आयोजित किए जाने वाला यह कार्यक्रम अपनी तरह का अनुठा आयोजन है

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप और आपसी दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों के अनुसार सरकार ने इस दौड़ के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के स्थान और समय पर अपनी ही रफ़तार से दौड़ लगाने को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नये भारत के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई उपाय किए हैं प्रधानमंत्री ने ऐसे भारत के निर्माण का आहवान किया है जो स्वच्छ और भ्रष्टाचार गरीबी आतंकवाद जातिवाद और संप्रदायवाद से मुक्त हो

उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है

इस मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग अपने श्रोताओं को भी शामिल करना चाहता है

आज पेश है उदयपर् के इंटाली गांव के हमारे श्रोता राजेश पुष्करणा का संदेश

वहीं अनाज व्यापारी मोहन सुराणा ने कहा कि आयकर भरने और इसकी जांच ऑनलाइन होने से सभी को सुविधा होगी

राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज सुबह अच्छी बारिश हुई दौसा में सुबह से ही बारिश का दौर बना हुआ है यहां इस सीजन की सबसे तेज बारिश है हमारे संवाददाता ने बताया कि अच्छी बारिश के कारण खरीफ की फसलों को फायदा पहुंचा है

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कोटा संभाग के बूंदी कोटा बांरा जिलों और चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी है